प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड उन्नीस वायरस हमला करने से पहले किसी नस्ल धर्म पंथ रंग जाति भाषा या सीमा नहीं देखता है उन्होंने कहा कि महामारी से निपटने के भारत के तौर तरीकों में एकता और भाईचारा होना चाहिए श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि कोविड उन्नीस वायरस का प्रकोप इतिहास में पिछली घटनाओं की तरह नहीं है जिसमें कोई एक देश या समाज पीडित होता था लेकिन इस बार पूरा विश्व इस चुनौती से जूझ रहा है उन्होंने कहा कि भविष्य साथ साथ रहने और लचीलेपन से जुडा होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के व्यापक विचार विश्व के अनुकूल होंगे इनमें न केवल भारत के लिए सकारात्मक बदलाव की क्षमता होनी चाहिए बल्कि ये पूरी मानवता की बेहतरी के लिए होने चाहिए श्री मोदी ने कहा कि पेशेवरों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आया है घर अब नया आफिस हो गया है और इंटरनेट मीटिंग रूम है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वक्त बिजनेस और लाइफस्टॉइल के ऐसे मॉडल के बारे में सोचने की जरूरत है जिन्हें आसानी से अपनाया जाता हो उन्होंने कहा कि तय समय सीमा के भीतर काम खत्म करने पर बल दिया जाना चाहिए उन्होंने ऐसा बिजनेस मॉडल विकसित करने पर बल दिया जो गरीबों वंचितों और धरती की प्राथमिकता से देखभाल करता हो श्री मोदी ने कहा कि भारत कोरोना महामारी के बाद दुनिया के लिए आधुनिक आपूर्ति श्रंखला के केंद्र के रूप में उभर सकता है केन्द्र सरकार हॉटस्पाट मुक्त क्षेत्रों में अधिसूचित सेवाओं में कल से कुछ छूट देगी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन अगले महीने की तीन तारीख तक बढ़ाये जाने के मद्देनजर लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई दिशा निर्देश दिये जा चुके हैं बाईट खेती बाड़ी सहित सभी कृषि और बागबानी गतिविधियां कृषि उत्पाद की खरीद में लगी एजेंसियां कृषि उपज समिति के कार्य और कृषि मशीनरी की दुकानों को इस दौरान पूरी तरह से काम करने की अनुमति होगी दो चालकों और एक हेल्पर के साथ समी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवागमन की भी अनुमति होगी समी वित्तीय संस्थाए और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं पूरी तरह काम करेंगी बिजली मैकेनिक पलंबर मोटर मैकेनिक और बढई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को भी छूट दी गई है ऐसे लोग कंटेनमेंट जोन से बाहर के समी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे मनरेगा कार्य के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने के नियम का सख्ती से पालन करने के साथ अनुमति दी गई है ग्रामीण क्षेत्रों में और नगर निगम की सीमाओं से बाहर उद्योगों को भी अनुमति दी गई है केन्द्र सरकार उसके स्वायत्त और सहयोगी निकायों के सभी कार्यालय खुले रहेंगे

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि कृषि से संबंधित कार्य और कुछ अन्य गतिविधियां कल से फिर शुरू हो जायेंगी बाईट जो खेती के लिए जरूरत है वो खेत से लेकर खलिहान से लेकर बाजार तक सब कुछ खुलेगा प्रोसेसिंग तक उसके बाद खुलेगा कल से दुग्ध जो है ग्रामीण इलाकों में वो सब खुलेंगे तो वहां रोजगार और बाकी सब होगा है कंस्ट्रक्शन जहां कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां सोशल डिस्टेंसिंग का नॉम पालन करके वो भी शुरू होगा इसके सिवा जिनके इंडस्ट्रीयल स्टेटस है और इंडस्ट्रीयल शेड्स हैं ऐसी जगह भी काम शुरू होगा गृह मंत्रालय ने आज राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के भीतर औद्योगिक विनिर्माण कृषि और मनरेगा से जुड़े फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की इसके अनुसार इन मजदूरों को निश्चित शर्तों के साथ राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की अनुमति होगी प्रक्रिया में कहा गया है कि अगर श्रमिकों का कोई समूह राज्य के भीतर ही दूसरे स्थान पर काम करने के लिए जाना चाहता है तो उनकी जांच की जाएगी और स्वस्थ व्यक्ति को उसके कार्यस्थल पर भेजा जाएगा उनकी यात्रा बस से होगी और उन्हें सुरक्षित परस्पर द्ररी के मानकों का पालन करना होगा इसके अलावा बसों को स्वास्थ्य अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार सेनेटाइज किया जाएगा स्थानीय प्रशासन मजदूरों को यात्रा के लिए भोजन और पेयजल उपलब्ध कराएगा केंद्रीय गृह सचिव की ओर से जारी मानक परिचालन प्रक्रिया में स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन की अवधि में तीन मई तक मजद्रों की अंतरराज्य गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जाएगी प्रदेश में आज नालंदा बक्सर और आरा में कोरोना के सात नये मरीज मिलने के साथ ही राज्य में कोविड उन्नीस के संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर तिरानवे हो गई है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया है कि नालंदा के बिहारशरीफ से सभी पांचों मामलों की पुष्टि हुई है नालंदा के सिविल सर्जन डॉक्टर राम सिंह ने बताया है कि दुबई से लौटे एक व्यक्ति के संपर्क में आने से ये लोग भी संक्रमित हुये हैं वहीं बक्सर में पूर्व में पॉजिटिव पाये गये परिवार के दो अन्य सदस्यों में संक्रमण की पुष्टि हुई है इधर भोजपुर में भी एक युवक कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ है इसकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पता लगाया जा रहा है श्री कुमार ने बताया कि फिलहाल प्रदेश में कोरोना वायरस के अड़तालीस सक्रिय मामले हैं जिनमें से सत्रह मरीजों का इलाज दो कोविड अस्पतालों में चल रहा है वहीं इकतीस अन्य मरीजों को विभिन्न जिला अस्पतालों में निगरानी में रखा गया है उन्होंने बताया कि अब तक तेईस लाख पचास हजार से अधिक घरों में कोरोना की जांच की गयी है श्री कुमार ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण का मामला अब तेरह जिलों में फैल चुका है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रलाय ने बताया है कि देश में कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर सोलह हजार एक सौ सोलह हो गयी है इनमें दो हजार तीर सौ एक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि पांच सौ उन्नीस मरीजों की अब तक मौत हुई है गृह मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान ई कॉमर्स कम्पनियों की ओर से गैर जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति पर रोक जारी रहेगी केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आदेश जारी कर कहा है कि लॉकडाउन के बारे में समेकित संशोधित दिशा निर्देशों में ई कॉमर्स कम्पनियों को गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री शामिल नहीं है केन्द्र सरकार ने इन खबरों का खण्डन किया है कि केन्द्र सरकार पेंशनधारियों की पेंशन में बीस प्रतिशत कटौती पर विचार कर रही है वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर स्पष्ट किया है कि पेंशन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जायेगी मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रकार की खबरें निराधार हैं कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन में शिक्षा मंत्री के निजी सहायक पिंटू यादव की ओर से जहानाबाद में आयोजित मछली पार्टी में शामिल अधिकारियों और अन्य लोगों पर कड़ी कार्रवाई की गयी है पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय के निर्देश पर इस पार्टी को आपदा अधिनियम के प्रावधानों का सख्त उल्लंघन मानते हुए जहानाबाद जिले के मखद्मपुर और टेहटा थाने में आठ नामजद और तीस से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है प्राथमिकी में जहानाबाद के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात भूषण मखदूमपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी अनिल मिस्त्री और अंचल अधिकारी राजीव रंजन सहित अन्य लोगों के नाम शामिल हैं राज्य सरकार ने लॉकडाउन के बीच अपने कार्यालयों को कल से खोलने का फैसला किया है केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों की संख्या सीमित रहेगी और नई गाईडलाईन के अनुरूप ही इन कार्यालयों में कामकाज होंगे सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ग्रुप एक और ग्रुप दो के पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी जबकि ग्रूप तीन चार और संविदा पर नियुक्त कुल कर्मचारियों की संख्या के तैंतीस प्रतिशत कर्मचारी काम पर आयेंगे वहीं ट्रेन से आने वाले कर्मचारियों और पदाधिकारियों के लिए छूट तीन मई तक जारी रहेगी केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू या अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विमान कंपनियों से सरकार के फैसले के बाद ही बुकिंग शुरू करने को कहा है कल एयर इंडिया ने चार मई से धरेलू और पहली जून से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए बुकिंग शुरू करने की घोषणा की थी कोविड उन्नीस महामारी के कारण सभी उड़ानों पर प्रतिबंध है इस बीच गृहमंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे जिन विदेशी नागरिकों की वीजा अवधि समाप्त हो चुकी है या समाप्त होने जा रही है उनके लिए आवेदन मिलने पर वीजा अवधि तीन मई तक बढ़ा दी जाएगी साथ ही विदेशी नागरिकों के अनुरोध पर उन्हें सत्रह मई तक बिना किसी जुर्माने के देश में रहने की अनुमति भी दी जाएगी देशभर में लॉकडाउन के दौरान केन्द्र और राज्य सरकारों से लोगों को जरूरी सहायता मिल रही हैं पूर्णिया जिले के बिमल मंडल ने उज्ज्वला योजना के तहत सहायता के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया

उज्जवला योजना के तहत जो गैस का जो पैसा हम लोगों को मिला इस कोरोना वायरस की महामारी में

प्रदेश के एक अन्य लाभान्वित जयकिशोर यादव ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए डाक विभाग का आभार व्यक्त किया

दस साढ़े दस बजे से लेकर और शाम चार साढ़े चार बजे तक लगभग सैकड़ों लोगों की भीड़ को उन्होंने कम किया इस आफत की घड़ी में जब बैंक में कतार लगके लोग दिन भर वापस आते रहे हैं ऐसी परिस्थिति में उन्होंने सराहनीय काम किया है जैसे हम तमाम ग्रामवासी इनको धन्यवाद देते हैं कटिहार के जिलाधिकारी कंवल तनुज के निर्देश पर शहर के सात स्थानों पर गरीब लोगों को सामुदायिक रसोई के माध्यम से खाना उपलब्ध कराया जा रहा है वहीं पश्पालन विभाग की ओर से सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों के लिए भी खाने पीने का प्रबंधन किया गया है मुंगेर और अररिया सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा आज से शुरू हो गयी है इन दोनों जिलों में स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर कोरोना मरीजों की जांच कर रही है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने नवादा जिला में लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए चलाये जा रहे जांच अभियान में मुख्य भूमिका निभा रहीं आंगनबाड़ी और प्राथमिकी स्वास्थ्य केन्द्र की महिला कार्यकर्ताओं की प्रशंसा की है शेखपुरा जिला में बाहर से आये तीन सौ उनासी लोगों को चौदह दिनों तक क्वारेंटाइन सेन्टर में रखने के बाद उनके घर भेज दिया गया है जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से प्रखंड स्तर पर बनायी गयी चिकित्सकों की टीम ने सघन जांच के बाद इन्हें जाने की अनुमति दी है उत्तर प्रदेश स्थित दारूल उलूम देवबंद ने मुसलमानों से रमजान महीने के दौरान लाक डाउन के नियमों का उल्लंघन नहीं करने की अपील की है रमजान का महीना पच्चीस अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है आकाशवाणी से बातचीत में दारूल उलूम देवबंद के मीडिया प्रभारी अशरफ उस्मानी ने कहा कि रमजान और तरावीह के बारे में बहुत जल्द विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया जाएगा

खासतौर पर लॉकडाउन की पाबंदी की जाए बाहर निकलने से इश्तेनाक किया जाए रमजान शरीफ तशरीफ ला रहे हैं

सोशल डिस्टॅसिंग का उसूल अपनाना और इसको इखतियार करना अगर जरूरी है तो वो किया ही जाना चाहिए केंद्र सरकार किसानों के उत्पाद की अच्छी कीमत देने की कोशिश कर रही है इस वर्ष सोलह अप्रैल तक नैफेड और भारतीय खाद्य निगम ने एक लाख तैंतीस हजार मीट्रिक टन से अधिक दालों तथा उनतीस हजार दो सौ चौंसठ मीट्रिक टन से अधिक तिलहन फसलों की खरीद की है इससे एक लाख चौदह हजार से अधिक किसानों को फायदा हुआ है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के एनेस्थेसिया विभाग की डॉक्टर एस राजेश्वरी ने लोगों को घर में ही रहने तथा बार बार हाथ धोते रहने और सैनेटाइज करने के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है वहीं राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक रजनीश कौशिक ने इस बीमारी से बचने के उपाय बताए हैं

प्रेफरेब्ली दो मीटर का डिस्टेंस रखना है और जो हमें खांसी जुकाम है तो हमें नहीं जाना

उसको जाके दिखाना है अब तो टेस्ट काफी अवेयलेबल हो गए हैं प्राइवेट में भी सरकारी में भी फटाफट टेस्ट कराने हैं अगर जरा सा भी डाउट लग रहा है तो